राजनाथ दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करेंगे और सुरक्षा स्थिति का जायज़ा लेंगे

सरकारी सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने ख़बर दी है कि राजनाथ सिंह सियाचिन में सैनिकों और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और दूनिया के सबसे ऊंचे युद्व क्षेत्र में तैनाती के दौरान सैनिकों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे सियाचिन का आधार शिविर करीब बारह हजार फीट की ऊंचाई पर है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी तेइस हजार फीट है सर्दियों में यहां तापमान जमाव बिन्दु से सत्तर डिग्री तक नीचे पहुंच जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो हज़ार चौदह में पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद सियाचिन का दौरा किया था

श्री नायडू ने कल विशाखापट्नम् में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच संवाद संवंधी दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में इस बात पर बल दिया है उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऐसे पाठयक्रम तैयार करने में सहायता करनी चाहिए जो उसकी उभरती ज़रूरतों के अनुरूप हों पुलिस स्मारक गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर राष्ट्र की सेवा में प्राण न्यौछावर करने वाले चौंतीस हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि भारत अपने पुलिसकर्मियों के इस महान बलिदान की वजह से ही सुरक्षित है यह स्मारक इन शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल इक्कीस अक्टूबर को पुलिस स्मारक दिवस के अवसर पर इसका उदघाटन किया था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 हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ राज्यों में मतदाताओं की वास्तविक संख्या और वोट डालने वालों की कुल संख्या के बीच विसंगति होने के आरोप लगाए गये हैं निर्वाचन आयोग ने कहा कि ईवीएम में हुए मतदान और डाक मतपत्रों के माध्यम से एकत्रित मतदान इन दो वर्गो की मतगणना के बाद अंतिम परिणाम तैयार किये जाते हैं डाक मतपत्र अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर तैनात रक्षा कर्मी और चुनाव डयूटी पर तैनात कर्मी भेजते हैं आई ए टी ए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संगठन आईएटीए ने कहा है कि अगले दो दशकों में वैश्विक स्तर पर हवाई यात्रियों की बढ़ोतरी में आघे लोग भारत और चीन से होंगे संगठन ने कहा है कि यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण पिछले पांच वर्ष से भारत का घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है हालांकि जेट एयरवेज की सेवाएं पूरी तरह से बंद होने के कारण विकास दर नकारात्मक हो गई आईएटीए ने कहा है कि यह नकारात्मक विकास दर अस्थायी है रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति आगामी छः जून को ट्विमासिक नीति की घोषणा करने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहली द्विमासिक नीति होगी इससे पहले की दो नीति समीक्षाओं में रिजर्व बैंक ने हर बार रेपो रेट में पच्चीस वेसिस प्वाइंट्स की कटौती की थी देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक और विभिन्न उद्योग निकायों ने उम्मीद जताई है कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती जारी रखेगा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 आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह योग लोकेटर ऐप मानचित्र आधारित स्थान का पता लगाने वाला अनुठा ऐप है जो योग प्रशिक्षकों को भी पंजीकरण करवाने और बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा

प्रसिद्व वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में तीन भाषाओं की नीति का प्रस्ताव किया है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि समिति ने ड्राएट नीति साँपी है इसे आम जनता की राय के लिए रखा गया है और अन्तिम निर्णय से पहले राज्य सरकारों से भी परामर्श लिया जायेगा श्री निशंक ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार का किसी भी क्षेत्र पर कोई भाषा थोपने का इरादा नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी गवर्नमेंट ने पहले से यह तय किया है कि सभी भारतीय भाषाओं का हम सम्मान करेंगे और उसका विकास करेंगे किसी भी प्रदेश पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी इस बात को लेकर के विवाद का कोई विषय नहीं उठता है क्योंकि सरकार वो नीति नही है और वो तो ड्राफ्ट है और लोगों की क्या मंशा है सभी प्रदेशों के आम जनता की क्या उस पर सुझाव आते हैं उसके बाद जा करके कोई नीति बनेगी मासिक पेंशन श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय अट्ठारह से चालीस साल के ऐसे व्यापारियों को जिनका टर्न ओवर डेढ़ करोड़ से कम है उन्हें साठ साल का होने पर तीन हज़ार रूपये मासिक पेंशन मुहैया करायेगा ये जानकारी केन्द्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने कल बरेली में मीडिया को दी उन्होंने कहा कि इस पेंशन के लिए व्यापारियों को अपने पास से पचास रूपये से दो सौ रूपये तक का अंशदान देना होगा श्री गंगवार ने कहा कि इस योजना से देश के लगभग तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों को फायदा पहंचेगा इस दौरान स्थानीय उद्यमियों से बातचीत करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि बरेली का औद्योगिक विंकास उनकी शीर्ष प्राथमिकताओ मे शामिल है और वह जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस बारे में प्रस्ताव देंगे योग दिवस केन्द्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिल्ली शिमला मैसुरु अहमदाबाद और रांची शहर की पहचान की है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन नगरों के नामों का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय मेजा गया है जो इक्कीस जून को आयोजित होने वाले प्रमुख समारोह के स्थल को अंतिम रूप देगा प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल के लिए नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद सरकार का यह पहला विशाल सार्वजनिक आयोजन होगा मेनका गांधी पूर्व केन्द्रीय मंत्री और नवनिर्वाचित सांसद मेनका गांधी ने कहा है कि वह सुल्तानपुर जिले के सर्वागीण विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगी वह कल अपने संसदीय क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन मीडिया से बातचीत कर रही थीं श्रीमती गांधी ने कहा कि ज़िले में चीनी मिल के जीर्णोद्वार विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था के बारे में कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है इस बीच पत्रकारों द्वारा उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल न किये जाने के बारे में पूछे गये प्रश्न का श्रीमती गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया जी एस टी देश में इस साल मई में वस्त् और सेवा कर जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है पिछले वर्ष मई माह की तुलना में इस बार राजस्व संग्रह में छः दशमलव छः सात प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है मई में जीएसटी संग्रह कुल एक लाख दो सौ नवासी करोड़ रूपये रहा है जबकि पिछले साल मई में यह राजस्व संग्रह चौरान्नबे हजार करोड़ रुपये था अवकाश नकदीकरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज़ पर राज्य विश्वविद्यालय से संबद्व महाविद्यालयों के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ देने का निर्देश दिया है इस सिलसिले में दाखिल याचिका को स्वीकार करते हए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सरकार से कहा है कि वह इस आशय का शासनादेश जारी करे गौरतलब है कि सरकार ने महाविद्यालयों के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ देने से इनकार कर दिया था सरकार का तर्क था कि इस बारे में ऐसा कोई कानून या नियम मौजूद नहीं है मौसम प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज तड़के आई आंधी के साथ हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है गोरखपुर महराजगंज देवरिया और संतकवीर नगर जिले के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की खबर है इन जिलों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है उधर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और कई इलाके लू की चपेट में हैं पिछले छत्तीस घंटों के दौरान बांदा में अधिकतम तापमान सैंतालीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि इलाहाबाद और आगरा में पैंतालीस डिग्री सेल्सियस तथा लखनऊ और कानपुर में इकतालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों खासतौर पर पूर्वी अंचल में धूल भरी आधी चलने और हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है अमरनाथ यात्रा अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक एक लाख दस हजार से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं छियालिस दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू होकर पन्द्रह अगस्त को सम्पन्न होगी ऑनलाईन पंजीकरण की शुरूआत पिछले सप्ताह हुई थी पंजीकरण पंजाब नेशनल बैंक जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक की शाखाओं के जरिये भी हो रहा है